उन्होंने कहा राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे रेलवे आज से यात्री रेलगाडियों का परिचालन श्रू कर रहा है

प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से एक हजार सात सौ अट्ठावन लोग स्वस्थ हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन से लड़ाई में ज्यादा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने कहा कि अब संक्रमण के फैलाव को कम करने पर ध्यान देना चाहिए यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित पूरी सावधानी बरतें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल वीडियो काफ्रेंस में श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से फिर शुरू हो गई हैं और आगामी दिनों में यह प्रक्रिया और तेज होगी उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने में भारत की सफलता को विश्व भर में स्वीकार किया गया है केंद्र सरकार इस संबंध में सभी राज्यों के प्रयासों की सराहना करती है श्री मोदी ने कहा कि अब इस बात के स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि भारत में यह महामारी किस क्षेत्र में फैली है और कौन से क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हैं पिछले कुछ सप्ताहों में अधिकारियों ने जिला स्तर तक इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस बैठक में उपस्थित रहे मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पांचवी वीडियो कांफ्रेंस थी

आज से विशेष यात्री गाड़ियां चलाई जा रही हैं शुरुआत में पंद्रह अप और डाउन रेलगाड़ियां चलेंगी ये रेलगाड़ियां हैं नई दिल्ली से डिब्रगढ अगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची भुवनेश्वर सिकंदराबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवनंतपुरम मडगांव मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मू तवी टिकट केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुक किए जा सकेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे रेलवे द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम डेढ घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे शुरुआत में केवल वातानुकूलित ट्रेनें चलेंगी और इन ट्रेनों में राजधानी के बराबर ही किराया लिया जाएगा ट्रेन में खाने पीने की सीमित सेवा उपलब्ध होगी और इसके लिए यात्रियों को ट्रेन में ही भूगतान करना होगा इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में कंबल चादर और तौलिया नहीं दिया जाएगा सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम सात दिन तक का एडवांस टिकट कटवाया जा सकेगा रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेत् ऐप डाउनलोड कर लें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण प्रदेश में फँसे नेपाल के नागरिकों को उनके देश वापस जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जो लोग यहां रूकना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जायें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उनकी सहमति से उनके गृह प्रदेश भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों की जनपदवार सूची तैयार करने को कहा है जो अपने प्रदेश वापस लौटना चाहते हैं श्री योगी ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये विशेष सजगता और सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने आदेश दिया कि सभी कोविड अस्पतालों में बीस मई तक पच्चीस हजार अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जाये और माह के अन्त तक एक लाख बिस्तर उपलब्ध कराये जायें उन्होंने कहा कि मेडिकल इंफेक्शन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मंडियों के माध्यम से इस संक्रमण का प्रसार किसी भी दशा में न हो मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन केन्द्रों में बेहतर साफ सफाई कम्यूनिटी किचन व्यवस्था को मजबूत बनाने और निराश्रित लोगों को राशन किट के साथ ही एक एक हजार रूपये का भरण पोषण भत्ता देने को कहा मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी प्रवासी श्रमिक पैदल साइकिल अथवा मोटरसाइकिल से यात्रा न करे और ऐसे लोगों के मिलने पर उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद उनके जनपद में भेजने की व्यवस्था की जाये मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के वार्डों में निगरानी समितियों के गठन के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इस काम में नेहरू युवा केन्द्र युवक मंगल दल स्वच्छाग्रही और ग्राम चौकीदारों को शामिल किया जाये प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार सात सौ अट्ठावन हो गई है कल प्रदेश में कुल एक सौ पांच मरीज बीमारी से ठीक हुए जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई कोविड नाइन्टीन से राज्य में अब तक अस्सी लोगों की मृत्यु हुई है फिलहाल राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ पैंतीस है प्रदेश में कल एक सौ नौ लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुई जिसके बाद अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर तीन हजार पांच सौ तिहत्तर पहुंच गया सबसे अधिक चौदह संक्रमित कल आगरा जिले में मिले इसके अलावा मेरठ में तेरह हाथरस में दस गोण्डा गौतमबुद्व नगर में छः छः बुलन्दशहर बाराबंकी सीतापुर में पांच पांच गाजियाबाद में चार कन्नौज रामपुर औरैया बस्ती जौनपुर वाराणसी में तीन तीन मथुरा संभल अलीगढ़ सिद्वार्थनगर में दो दो और फतेहपुर बलिया कानपुर देहात झांसी जालौन मैनपुरी संतकबीर नगर अमरोहा तथा प्रयागराज में एक एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रदेश के दो जनपदों में पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं अम्बेडकर नगर में कल दो और बलिया में एक व्यक्ति में कोविड नाइन्टीन की प्रष्टि हई राज्य में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित जिला आगरा है जहां फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार सौ बीस है कानपुर नगर में दो सौ दो मेरठ में एक सौ छिहत्तर और फिरोजाबाद में एक सौ सक्रिय मामले हैं देश में कोविड नाइन्टीन के अब तक बीस हजार नौ सौ छबीस रोगी ठीक हो गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पिछले चौबीस घंटों में चार हजार दो सौ तेरह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई इसके साथ ही रोगियों की संख्या सड़सठ हजार एक सौ बावन हो गई है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार पांच सौ उनसठ रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई अधिकारी ने बताया कि देश में कोविड नाइन्टीन के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर इकत्तीस दशमलव एक पांच प्रतिशत हो गयी है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को उनके घर के निकट रोजगार दिलाने और प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों की पूरी मदद करने का प्रयास कर रही है आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में दी गई छूट प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में सहायक होगी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह किहमें इस संकट को अवसर में बदलना है

हमने उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसी तैयारियां की है जो भी निवेश्यक आना चाहता है उसको लगे कि उसके लिये उत्तर प्रदेश में हम उसके स्वागत के लिये तैयार है चूंकि निवेश आयेगा तो हजारों मे नहीं लाखों में रोजगार पैदा होगा अपने एक एक श्रमिक भाई बहन को रोजगार देना है और रोजगार देने की दिशा में श्रमिकों के लिये और उद्योगों के लिये दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम सुधार की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाये है हमारा लक्ष्य शोषघ नहीं हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक अपने भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध कराना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा के लिए दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे सभी की सुरक्षा और हितों को देखते हुए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाएँ आयोग ने कहा है कि दिशा निर्देशों और योजनाओं को लागू करते समय सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दी जानी चाहिए यूजीसी ने कोविड नाइन्टीन के कारण छात्रों शिक्षकों और संस्थानों के सवालों परेशानियों और शैक्षिक पाठ्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर निगरानी के लिए कई कदम उठाए हैं यूजीसी ने पूछताछ के लिए शुन्य एक एक दो तीन दो तीन छः तीन सात चार हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है